पटना में सबसे अधिक बारह हजार सात सौ दो संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है राज्य के सोलह जिलों के एक सौ चौबीस प्रखंडों की बारह सौ से अधिक पंचायत जलमग्न हो चुकी हैं लगभग चौहत्तर लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान दरभंगा समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है छपरा मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भेल्दी के पास बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं मढ़ौरा दरियापुर और गड़खा के निचले इलाकों में भी पानी प्रवेश कर गया है और हजारों एकड़ में लगी फसल नष्ट हो गई है समस्तीपुर जिले में नून नदी में उफान से जिले के सरायरंजन और मोरबा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं सिवान जिले के सिसवन में सरयू नदी पर बने बांध पर कई जगह रिसाव हो रहा है वैशाली जिले में नून नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से पातेपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं महुआ में वाया नदी का पानी कई मोहल्लों में फैल गया है किशनगंज सहरसा और सुपौल जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही हैं इधर दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है हालांकि बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी से थोड़ी राहत मिली है

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सात राहत शिविर और एक हजार तीन सौ बयालीस सामुदायिक रसोईघरों का संचालन किया जा रहा है इन सामुदायिक रसोईघरों में करीब दस लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चौबीस घंटों के दौरान ड्रबने से बारह लोगों की मौत हुई है इनमें सारण और सिवान के तीन तीन पश्चिम चंपारण के दो मध्रबनी सहरसा गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के एक एक व्यक्ति शामिल हैं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा और गंडक समेत सभी नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है छपरा में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है

इधर गंडक बराज से एक लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया है वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती और गंडक का जलस्तर स्थिर है इधर खगड़िया में बूढ़ी गंडक और गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है सुपौल के कई इलाकों में कोसी नदी में वृद्धि होने के कारण तटबंधों पर दबाव बना हुआ है गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर से कहलगांव तक तीन से दस सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है कहलगांव में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है पटना सहित राज्य के कई इलाकों में आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जतायी है मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा से प्रदेश में चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है इसे देखते हुये प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आज तेज बारिश के साथ वजपात की भी आशंका है आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के समय घर से नहीं निकलने की अपील की है इधर राज्य में अब तक सामान्य से अड़तीस प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए कृषि ढांचागत कोष के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा प्रदान करने की शुरुआत करेंगे इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साढ़े आठ करोड़ किसानों के लिए श्री मोदी सत्रह हजार करोड़ रुपये की छठी किस्त भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत नौ करोड़ नब्बे लाख से अधिक किसानों को पचहत्तर हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष नकद लाभ पहुंचाया गया है इससे किसान कृषि और परिवार से जुड़ी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हुए हैं इस योजना के जरिए कोविड उन्नीस महामारी में लॉकडाउन के दौरान किसानों को लगभग बाईस हजार करोड़ रुपये जारी किए गए हैं राज्य में तीन हजार नौ सौ बानवे नये मामलों की पुष्टि के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर पचहत्तर हजार सात सौ छियासी हो गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस जांच में तेजी आने के साथ ही संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक पांच सौ चौंतीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं पटना में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर बारह हजार सात सौ दो हो गयी है वहीं जिले में सतहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है बेगूसराय जिले से दो सौ दस कटिहार से एक सौ तिरानवे और वैशाली से एक सौ साठ मामलों की पुष्टि हुई है समस्तीपुर से एक सौ सैंतालीस पूर्वी चम्पारण से एक सौ उनतालीस बक्सर और रोहतास से एक सौ इकतीस एक सौ इकतीस नालंदा से एक सौ बीस भोजपुर से एक सौ उन्नीस मुजफ्फरपुर से एक सौ अठारह सारण से एक सौ ग्यारह सीवान से एक सौ सात अररिया से एक सौ छह और पश्चिम चम्पारण तथा गोपालगंज से एक सौ दो एक सौ दो मामले सामने आये हैं अन्य सभी जिलों से भी मामले दर्ज किये गये हैं स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में पचहत्तर हजार चार सौ छब्बीस नमूनों की जांच हुई है अब तक राज्य में नौ लाख छियालीस हजार दो सौ अठहत्तर नमूनों की जांच हो चुकी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर अड़तालीस हजार छह सौ तिहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमल दो दो प्रतिशत है वहीं एक दिन में उन्नीस मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ उन्नीस हो गया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये केंद्र सरकार ने पटना सहित देश के तेरह जिलों में आईसीयू बेड और ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाने का निर्देश दिया है इन जिलों में कोरोना संक्रमण से मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक है और इन जिलों में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या नौ प्रतिशत है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों से कहा है कि कोविड उन्नीस से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास किये जाये स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र राज्यों और संघशासित प्रदेशों के समन्वित श्रेणीबद्ध और सक्रिय कोविड प्रबंधन के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कोविड की मृत्यु दर दो दशमलव शून्य चार प्रतिशत पर आ गई है लेकिन कुछ जिलों में यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्ष्णेय ने कहा है कि बिना लक्षण वाले लोगों से कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है ऐसे में मास्क और अन्य सुरक्षा उपाय हमेशा उपयोग में लाये जाने चाहिये

समस्तीपूर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सरस्तवी चंद्र ने बताया कि कोरोना महामारी जैसी विषम परिस्थिति में व्यापारियों को लदान या अनलोडिंग पर लगने वाले टर्मिनल चार्ज में बीस रुपये प्रति टन की दर से छूट प्रदान की जायेगी श्री चंद्र ने बताया कि व्यापारियों के लिये रेल परिवहन को और सस्ता और सुगम बनाने के लिये रेल मंडल ने वाणिज्य नियंत्रण कक्ष का द्रभाष संख्या जारी किया है जहां व्यापारियों को हर तरह की जानकारी मुहैया करायी जायेगी

एक पेड़ एक जिंदगी के नारे के साथ राज्यभर में आज बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने वर्ष दो हजार ग्यारह से इस दिन को मनाने की घोषणा की थी वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि राज्य भर में दो करोड़ इक्यावन लाख पौधे लगाये जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ केन्द्र सरकार के विभिन्न संगठन और आम लोगों की सक्रिय सहभागिता से राज्य में पौधारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है आकाशवाणी पटना भी आप सभी से बिहार पुथ्वी दिवस के अवसर पर कम से कम एक पौधा लगाने की अपील करता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के आर ब्लॉक स्थित फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे

रोहतास जिला प्रशासन ने सासाराम नगर परिषद की पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी और कनीय अभियंता महन्त पाण्डेय के विरूद्ध फर्जीवाड़े के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है भागलपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो कैदियों की जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस के लक्षण वाले नौ बच्चों को भर्ती कराया गया है

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है इधर पटना में सुशांत सिंह के पिता के दर्ज किये एफआईआर पर कार्रवाई के लिये मुम्बई गई पटना पुलिस की टीम ने अपनी जांच में मिली जानकारी और जरूरी दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिये हैं वहीं प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले से जुड़ी आर्थिक पक्ष की जांच तेज करते हुये रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक से पूछताछ की है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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश सभी सरकारी भवनों के रखरखाव की नीति तैयार करें आईजीआईसी में तीन सौ पच्चीस बेड एक छत के नीचे सारी सुविधा दैनिक भास्कर की सुर्खी है केंद्र ने सभी राज्य सरकार को दिया निर्देश

केंद्र सरकार इकतीस अगस्त तक इस बारे में गाइडलाइन जारी कर सकती है दैनिक आज की सूर्खी है गंगा कोसी समेत नौ नदियां लाल निशान के ऊपर और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है

पटना में सबसे अधिक बारह हजार सात सौ दो संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि